वोटों की गिनती तेईस मई को

बिहार की चालीस लोकसभा सीटों के लिए ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई के बीच सात चरणों में मतदान होगा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने विस्तृत चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी दी मतों की गिनती तेईस मई को होगी

इसके लिये अठारह मार्च को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन का काम शुरू हो जायेगा पच्चीस मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है नामांकन पर्चे की जांच छब्बीस मार्च को होगी जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि अठाईस मार्च निर्धारित की गई है पहले चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा दूसरे चरण में किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे इन सीटों के लिए उन्नीस मार्च को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से पर्चा भरा जाएगा छब्बीस मार्च तक उम्मीदवार नामांकन पत्र भर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच सत्ताईस मार्च को जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि उनतीस मार्च निर्धारित की गयी है इस चरण के लिए अठारह अप्रैल को मतदान कराया जाएगा तीसरे चरण में झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीटों के लिये तेईस अप्रैल को मतदान होगा अठाईस मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो जायेग उम्मीदवार चार अप्रैल तक नामांकन पर्चा भर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को और नाम वापसी की तिथि आठ अप्रैल निर्धारित की गयी है चौथे चरण में दरभंगा उजियारपूर समस्तीपूर बेगूसराय और मूंगेर लोकसभा सीटों पर चूनाव कराये जाएंगे इस चरण के लिए अधिसूचना दो अप्रैल को जारी होगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है नामांकन पत्रों की जांच दस अप्रैल को होगी तथा प्रत्याशी अपना नाम बारह अप्रैल तक वापस ले सकेंगे इस चरण के लिए उनतीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे

इस चरण के लिए दस अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और प्रत्याशी उसी दिन से पर्चा भर सकेंगे नामांकन की अंतिम तिथि अठारह अप्रैल तक है पर्चे की जांच बीस अप्रैल को होगी और बाईस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे छठे चरण के लिए बारह मई को वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में वोट डाले जायेंगे इन सीटों पर होने वाले चूनाव के लिए अधिसूचना सोलह अप्रैल को जारी की जायेगी उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी पर्चा भरने की अंतिम तिथि तेईस अप्रैल है नामांकन पत्रों की जांच चौबीस अप्रैल को होगी और प्रत्याशी अपना नाम छब्बीस अप्रैल तक वापस ले सकेंगे सातवें और अंतिम चरण के लिए उन्नीस मई को नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्रा आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में मतदान होंगे इस चरण के लिए बाईस अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही पर्चा भरने का काम भी शुरू हो जायेगा नामांकन पत्र उनतीस अप्रैल तक भरे जा सकेंगे वहीं पर्चे की जांच तीस अप्रैल को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि दो मई निर्धारित की गई है नवादा और डेहरी विधानसभा के लिए उपच्रनाव लोकसभा चूनाव के साथ ही कराये जायेंगे राज्य के मूख्य चूनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि नवादा विधानसभा के लिए उपचुनाव प्रथम चरण में ग्यारह अप्रैल को नवादा लोकसभा के साथ कराया जायेगा जबकि डेहरी विधानसभा के लिए उपचुनाव अंतिम चरण में उन्नीस मई को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के साथ कराया जायेगा गौरतलब है कि डेहरी के विधायक इलियास हसैन और नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी थी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों में पर्व त्योहारों का भी ध्यान रखा गया है कुछ दलों द्वारा चुनाव की तारीख रमजान के पवित्र माह के साथ पड़ने पर लगाये जा रहे आरोपों को आयोग ने खारिज किया है चूनाव आयोग ने मतदाताओं को वोटरलिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय सात करोड़ छह लाख से अधिक मतदाता थे जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं जुड़ पाया है वे नामांकन की अधिसूचना जारी होने के पहले संबंधित लोकसभा क्षेत्र में नाम जुड़वा सकते हैं

जिला निर्वाचन पदाधिकारी रणजीत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की श्री सिंह ने बताया कि कल चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सांसद रामकुमार शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया था जो आचार संहिता उल्लंघन का मामला है प्रदेश के सभी जिलों में आज निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन विधि व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है इधर आज पूलिस महानिदेशक ग्रुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्रपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी अपनी मौजूदा जीती हुई छह में से पांच सीटों हाजीपुर खगड़िया समस्तीपुर जमुई और वैशाली से चुनाव लड़ेगी जबकि पार्टी को छठी सीट मुंगेर के बदले नवादा दी गयी है इस बीच जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच प्रत्याशियों के चयन का काम प्ररा हो चुका है और कौन उम्मीदवार कहां से चूनाव लड़ेंगे इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि होली से पहले सीटों की पहचान प्ररी कर ली जायेगी गौरतलब है कि एनडीए के घटक दलों के बीच आपसी सहमति से चालीसों सीटों पर हुए बंटवारे के मुताबिक भाजपा और जदयू सत्रह सत्रह जबकि लोक जनशक्ति पार्टी छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी इधर हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई तेरह मार्च को सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक कर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देंगे रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप मिश्रा ने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है श्री मिश्रा ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जिसके बाद उनके जदयू में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है सूत्रों ने बताया कि नागमणि भी कल जदयू का दामन थाम सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम् पुरस्कार प्रदान किए बिहार से तीन विभूतियों को आज सम्मानित किया गया मधुबनी से सांसद हुक्मदेव नारायण यादव को पद्य भूषण प्रस्कार से सम्मानित किया गया वहीं किसान चाची के नाम से मशहूर प्रगतिशील किसान राज कुमारी देवी और विधायक भागीरथी देवी को पदमश्री सम्मान प्रदान किया गया

वोटों की गिनती तेईस मई को